मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र व राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए भाजपा पदाधिकारियों से सोशल मीडिया के उपयोग का आहवान किया है प्रदेश भाजपा की वर्चुअल रैली की कड़ी में उन्होंने आज शिमला से पालमपुर मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित किया

इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पालमपुर से अपने विचार साझा किए इस बीच मुख्यमंत्री ने हरोली भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी व त्वरित निर्णय के चलते देश में कोरोना महामारी की स्थिति पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सका है

जयराम ठाक्र ने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के मददेनजर विकास कार्यो को गति देने के लिए परियोजनाओं के ऑनलाईन उद्घाटन व शिलान्यास करने पर विचार किया जाएगा उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा बाद में मुख्यमंत्री ने धर्मपुर इंदौरा और चौपाल भाजपा मंडल की वर्चुअल रैलियों को भी संबोधित किया समझौता ज्ञापन प्रदेश सरकार ने चंबा मैडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं चंबा भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे चंबा ज़िले में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के अलावा लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि धन की कमी विकास कार्यो में बाधा न बने इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि राज्य सरकार का अढ़ाई वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है अनुराग केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कोरोना आपदा से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों को जन जन तक पहुंचाने का आहवान किया है

कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

धुमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई गई कृषि व पश्पालन योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है

धूमल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आहवान भी किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर मुख्य रूप से मौजूद रहे

उन्होंने इस किश्त को जारी करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी आभार जताया है गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस धन राशि से मनाली और इसके आसपास के पर्यटक स्थलों के विकास को भी बल मिलेगा

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान भी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने का आरोप लगाया है राठौर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पार्टी ने चंडीगढ़ व पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में फंसे हिमाचलियों की मद्द के लिए सुजानपुर के विधायक राजेन्द्र राणा को अधिकृत किया था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया है जियालाल भरमौर पांगी के विधायक जियालाल कप्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है जिसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में हुए सर्वे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ आंका गया है चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अढ़ाई साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मंत्रियों व विधायकों पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है और विपक्ष द्वारा बेवजह ऑडियो मामले पर राजनीति की जा रही है जियालाल कपूर ने कहा कि होली क्षेत्र को बड़ा भंगाल से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य का श्रेय भी मुख्यमंत्री को जाता है

उपायुक्त के सी चमन ने बताया कि इसके अनुसार श्रमिकों का संकलन संबंधित औद्योगिक प्रबंधन ठेकेदार व्यवसायी व आवास मालिक द्वारा किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रवासी व श्रमिक को समीप के पुलिस थाने में अपना नवीन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा